कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता स लागू करना चाहिए

कोविड व्यवहार के लिए इस महीने की छह तारीख से लेकर चौदह तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने निषेध क्षेत्रों में उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना संकमण के प्रसार को रोकन के लिए ग्राम पंचायत तथा म्यूनिस्पिल वार्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें सकिय करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में कोविड संकमण की रोकथाम उपचार तथा टीकाकरण की प्रगति के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से प्रदेश में आ रहे सभी लोगों की लगातार मानिटरिंग करने के लिए कहा है

मुख्यमंत्री ने कोविड संकमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में मास्क एक महत्वपूर्ण ट्रल है इसलिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए कहा जाए

मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेडों की व्यवस्था तथा दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा है उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिदिन सुबह कोविड अस्पतालों में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कन्ट्रोल सेन्टर में बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा है टीकाकरण कार्य के प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जनपदो में प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित टीकाकरण के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया प्रदेश में कोरोना संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

प्रदेश में बढते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं में बढोतरी की है

निजी चिकित्सालयों में एक डोज का दो सौ पचास रूपये भुगतान करना होगा कोविड टीकाकरण का कार्य सोमवार से शनिवार तक निरंतर किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मंत्री भगवती सिंह का आज सुबह लखनऊ में निधन हो गया वह नवासी वर्ष के थ और काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे

उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है

प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त हो गयी

पहले चरण के लिए भरे गये नामांकन पत्रों की जांच पांच और छह अप्रैल को होगी उम्मीदवार सात अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवारों को उसी दिन प्रतोक चिन्ह आवंटित किये जायेंगे पहले चरण के तहत जिन जनपदों में चुनाव होना है वे हैं सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती सन्तकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चार चरणों में कराये जा रहे हैं

ईस्टर का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है गुंड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनियाभर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है शीतलाष्टमी के अवसर पर आज प्रदशभर में श्रद्धालु शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में टिकैत राय तालाब के निकट स्थित प्रसिद्ध माता शीतला के मन्दिर में हर वर्ष लगने वाला प्रसिद्ध मेला इस वर्ष कोरोना संकमण के चलते नहीं लगाया गया है श्रद्धालु इस मन्दिर में कोरोना प्रोटोकाल के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं कोरोना संकमण को देखते हुए ज्यादातर श्रद्धालु अपने अपने घरों पर ही पूजन अर्चन कर सभी के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं इस पर्व पर एक दिन पूर्व तैयार किये गये पकवान देवी मां को अर्पित करने की परंपरा है सोनभद्र ज़िले में अनपरा स्थित लैंको परियोजना की दूसरी इकाई में ब्वायलर अनुरक्षण कार्य के दौरान आज सुबह शटरिंग गिरने से कई मजदूर उसकी चपेट में आ गये घायल मजदूरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इनमें से पांच मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिला प्रशासन ने इस दुघटना की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को राहत कार्य संचालित करने और घायलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को दुर्घटना की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए